राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने घोषणा की कि सरकार ने उच्च सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि लोकसभा में पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक मंजूरी के लिए आज राज्यसभा में रखे जाएंगे

जयपूर में चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच आज से मेट्रो रेल का संचालन शुरू होने जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्च्यअल तरीके से कुछ ही देर में इसका उदघाटन करेंगे

उन्होंने कहा कि इससे जयपुर के परकोटे में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा श्री सांवत ने कहा कि इस पूरे कार्य में टनल बनाते समय पुरातात्विक महत्व की सभी वस्तुओं को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है

कोरोना महामारी को देखते मेट्रो रेल में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा और गाइड लाइन का पालन करना होगा गौरतलब है कि प्रदेश की यह पहली भूमिगत मेट्रो रेल परियोजना है

इस मौके पर श्री मीना ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर देर रही है ताकि लोगों को रोजगार भिल सके उन्होंने कहा कि एक स्थान पर व्यापारियों को सभी सुविधाएं मिले इसके लिए एकल संपर्क केंद्र स्थापित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वस्त्र और उसके प्रसंस्करण में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से आगे है और सरकार इस उद्योग को और गति देने के लिए समय समय पर जरूरी कदम उठाती रही है

यह मेला रीको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है

शुरू में एक वर्ष के लिए ऐसे कंटेनर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है

राष्ट्रकवि और साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि दिनकर जी की कविताएं साहित्य प्रेमियों को ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों को लगातार प्रेरित करती रहेंगी